मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर राज्य में जातीय संघर्ष और साम्प्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपने राजनीतिक फायदे के लिये राज्य में जारी विकास कार्यो में बाधा पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने ट्वीट संदेशों में पुलिस से महिलाओं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता बरतने और त्वरित कार्रवाई करने को कहा है उधर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हाथरस मामले से संबंधित आपराधिक षडयंत्र और राज्य में साम्प्रदायिक हिंसा को उकसाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है

पुलिस ने दावा किया है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए एक बडी साजिश रची गई तथा इस मकसद से विदेशी लिंक सहित एक वेबसाइट भी बनाई गई थी एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि हाथरस मामले को लेकर के प्ररे प्रदेश में जातीय हिंसा और दंगा भड़काने के लिए खासतौर पर जस्टिस फॉर हाथरस नाम की एक वेबसाइट तैयार की गई थी जिसके जरिए फर्जी खबरों और सूचनाओं को फैलाया जा रहा था इस वेबसाइट के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जा रहा था और इसमें विदेशी तत्वों के शामिल होने का भी अंदेशा है सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने वेबसाइट को ट्रैक किया और कुछ स्थानों पर इस सिलसिले में छापेमारी की जिसके बाद रातों रात यह वेबसाइट बंद हो गई हालांकि वेबसाइट पर मौजूद कथित तौर पर आपत्तिजनक दस्तावेज सुरक्षा एजेंसियों के कब्जे में है वेबसाइट के संबंध में मीडिया से साझा की गई जानकारी के मुताबिक इसमें हाथरस मुद्दे पर देश भर में होने वाले प्रदर्शनों की जानकारी दी गई थी और इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिसिया कार्रवाई से बचने के भी तरीके बताए गए थे यह भी दावा किया जा रहा है कि इस वेबसाइट का इस्तेमाल विदेश से आंदोलन के लिए पैसे का इंतजाम करने में किया जा रहा था और इसके पीछे पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन संगठनों का हाथ हो सकता है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धान बेचने वाले किसानों के खाते में हर दशा में धनराशि बहत्तर घंटे के अन्दर हस्तांतरित हो जानी चाहिये मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने धान क्रय केन्द्रों पर जिला प्रशासन के सहयोग से कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा कार्य किये जाये जिससे उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि सुधार के लिए हाल ही में बने तीन कानूनों से किसानों को लाभ होगा उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी गोवा की राजधानी पणजी में कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों का लक्ष्य किसानों की आमदनी बढ़ाना है श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश एक राष्ट्र एक बाजार की ओर बढ़ रहा है

इन कृषि सुधार के कानूनों से एक देश एक बाजार हो जाएगा और एक देश एक राशन कार्ड की भी घोषणा की है

ये पहली दफा इन बिलों से अधिकार मिलता है कि आप एपीएमसी में बेंचे या बाहर बेंचे ये किसान का च्वाइस होगा या अनुबद्ध करें जिससे भी आपको अधिक पैसा मिलेगा वो कीमत तय करने का अधिकार अब किसान को मिला है ये सबसे बड़ा फायदा इन कानूनों का है ये देश एक बाजार तैयार करने की ये रणनीति है श्री जावड़ेकर ने कहा कि अब किसानों को अधिकतम मूल्य पर अपने उत्पाद बेचने की आजादी होगी उन्होंने कहा कि प्याज आलू और तेल को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है अब किसान अपने उत्पादों का भंडारण कर सकते हैं और अपने पसंद के खरीदार को बेच सकते हैं

प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार कमी आ रही है नये मरीजों के मुकाबले राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में तीन हजार चौसठ कोरोना के नये मामले सामने आये जबकि इस दौरान चार हजार दो सौ उन्हत्तर लोग कोरोना से ठीक हुए स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक तीन लाख छाछठ हजार तीन सौ इक्कीस लोग कोरोना से स्वस्थ हुए है इस समय प्रदेश में कोरोना सक्रिय रोगियों की संख्या पैंतालीस हजार चौबीस हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना से तिरसठ लोगों की मौत हुई है और अब कोरोना से राज्य में मरने वालों की संख्या छह हजार बाननवे हो गई है

वहीं इस दौरान कानपुर में एक सौ छियानवे प्रयागराज में एक सौ चौव्वालीस और गोरखपुर में एक सौ तैंतीस नये मामले मिले लखनऊ में इस समय सक्रिय रोगियों की संख्या पांच हजार सात सौ तिरपन है वहीं कानपूर में दो हजार नौ सौ सतहत्तर और प्रयागराज में एक हजार नौ सौ छाछठ तथा गोरखपुर में एक हजार आठ सौ उन्नीस रोगी हैं प्रदेश में अब तक एक करोड़ आठ लाख पिच्चासी हजार पांच सौ बीस कोरोना नमूनों की जांच की गई है जिनमें से चार लाख सत्रह हजार चार सौ सैंतीस लोगों के नमूने पॉजिटिव पाये गये

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा के सफल आयोजन और समय पर परिणाम की घोषणा के लिए संस्थान को बधाई दी है उन्होंने अपने कई ट्वीट में अपनी अपेक्षा के अनरूप रैंक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को भी बधाई दी और उनसे आग्रह किया है कि वे भविष्य में आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करें श्री निशक ने कहा कि अपनी आकांक्षा के अनुरूप रैंक नहीं पाने वाले विद्यार्थियों के लिए भी कई अवसर उपलब्ध हैं उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को यह याद रखना चाहिए कि केवल कोई परीक्षा ही उन्हें परिभाषित नहीं कर सकती

प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सिद्धार्थनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेलमंत्री श्री पीयूष गोयल ने यह घोषणा की इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि भगवान बुद्ध की कर्मस्थली होने के कारण नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर भगवान बुद्ध के नाम पर किया जाना क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप है कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि और रेलवे के अधिकारी भी उपस्थित रहे इस अवसर पर सांसद श्री जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज सिद्धार्थनगर की जनता की दशकों से चल रही मांग पूरी हुई है इसके लिये उन्होंने रेलमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया बाइट नौगढ़ स्टेशन का नाम आज सिद्धार्थनगर हुआ

आज उन्हीं के नाम से यह जनपद बना लेकिन स्टेशन के मुख्यालय का नाम आज भी नौगढ़ था यह मांग लगातार हमने भारत सरकार से किया था प्रधानमंत्री जी से किया था रेल मंत्री से किया था तो आज यह ऐतिहासिक क्षण सिद्धार्थनगर के लिये जब भारत के रेलमंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने उस लाखों करोड़ों तमाम देश में रहने वाले जो गौतमबुद्ध के मानने वाले करूणा ममता शांति अहिंसा के लोग है उनके लिये प्रसन्नता और उत्सव का विषय है कि सिद्वार्थनगर गौतमबुद्ध की जन्मस्थली के स्टेशन का नाम आज सिद्वार्थनगर भारत के रेलमंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया सहारनपुर लोकसभा सीट से पांच बार सदस्य रहे पूर्व केन्द्रीय मंत्री रशीद मसूद का बीमारी के चलत आज निधन हो गया वह तिहत्तर वर्ष के थे कोरोना संक्रमित होने के बाद वह स्वस्थ होकर वापस आ गये थे लेकिन बाद में उनकी तबियत बिगड गई और इलाज के दौरान उनका आज सुबह निधन हो गया श्री मसूद के निधन पर विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों पर कार्यरत रहे प्रख्यात रंगकर्मी विलायत जाफरी का आज सुबह मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया वे सत्तासी वर्ष के थे